केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा बिहार में बनेगा मखाना कलस्टर

केंद्र सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक लाख तिरसठ हजार करोड रूपये के पैकेज की घोषणा की है इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रूपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है बीस लाख करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में जानकारी देते हुये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए दस हजार करोड़ रूपये की योजना की घोषणा की इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा इस योजना के तहत बिहार में मखाना कलस्टर बनाने की भी घोषणा की गयी है

जो क्लस्टर बेस अप्रोच होगी लगभग दो लाख ऐसी सूक्षम खाद्य संस्करण इकाइयों को इसमें लाम मिलेगा क्लस्टर बेस पर हमने इसलिये कहा कि मान लीजिये कश्मीर में केसर है नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शुट्स हैं

उत्तर प्रदेश का आम है तामिलनाड् का टर्मिक है बिहार का मखाना हो तो इस सब बातों को लेकर क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है इसके माध्यम से इनकी टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी मार्केटिंग ब्रैन्डिंग भी होगी श्री ठाकुर ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी इसके लिए बीस हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है

श्रीमती सीतारामन ने बताया कि मवेशियों के टीकाकरण के लिए तेरह हजार तीन सौ तैंतालीस करोड रूपये का कोष बनाया गया है डेयरी प्रसंस्करण के लिए पंद्रह हजार करोड़ रूपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड़ रूपये के कोष की घोषणा की गई है

और दस लाख हैक्टेयर में इसकी खेती हो पायेगी और इससे पांच हजार करोड़ रूपये की आय किसानों की होगी श्री ठाकुर ने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड रूपये का आवंटन किया गया है इससे दो लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा

केंद्र सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को आपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है पहले इसमें टमाटर प्याज और आलू शामिल थे इसके लिए पांच सौ करोड रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी श्री ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन की दो महीने की अवधि में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाये गये हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित उपायों का स्वागत किया है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानों मछुआरों पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को मदद मिलेगी श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार की पहलों का विशेष रूप से स्वागत किया जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिये घोषित पैकेज का स्वागत करते हुये कहा कि इससे कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा

गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मजदूरों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिदिन सौ श्रमिक विशेष रेलगाडियों का परिचालन हो रहा है लोगों को इन व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक करने और राज्यों द्वारा उन्हें पैदल यात्रा नहीं करने का परामर्श देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कामगारों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाया जाये और बसों या रेलगाडियों में सवार होने तक उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाये श्री भल्ला ने कहा है कि रेलवे को आवश्यकता के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अधिक विशेष रेलगाडियां चलानी होंगी इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह राज्यों की जिम्मेवारी है कि वह पैदल लौट रहे लोगों की सुविधाजनक और सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे प्रदेश में प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है अब तक दो सौ उनतीस विशेष ट्रेनों के माध्यम से दो लाख तेरासी हजार से अधिक लोग बिहार पहुंचे हैं सबसे अधिक सैंतीस ट्रेन गुजरात से आयी हैं महाराष्ट्र से चौंतीस पंजाब से अठाईस राजस्थान से छब्बीस हरियाणा से इक्कीस कर्नाटक और तमिलनाडू से ग्यारह ग्यारह दिल्ली से नौ आंध्र प्रदेश से आठ और चंडीगढ़ से चार ट्रेन आयी है आज चालीस ट्रेनों के माध्यम से साठ हजार से अधिक लोग विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगे राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में रह रहे दिव्यांगों की घर वापसी के लिये नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की है नोडल अधिकारी निःशक्तता आयुक्त कार्यालय से समन्वय कर इनकी वापसी सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को यात्रा किराये में खर्च की गयी राशि और अतिरिक्त पांच सौ रूपये देने के संबंध में सभी आवश्यक तैयारी पूरा कर लेने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इक्कीस दिन की अवधि पूरी होने के तत्काल बाद लोगों के बैंक खातों में राशि भेजना सूनिश्चित किया जाये मूख्यमंत्री के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे लोगों के बैंक खाते और आधार नम्बर का विवरण तैयार करने का आदेश दिया है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों को न्यूनतम एक हजार रूपये देने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों को जल्द से जल्द लाने के भी निर्देश दिये उन्होंने अपने घरों को पैदल लौट रहे लोगों से नजदीकी थाने या प्रखंड कार्यालय जाने की सलाह दी ताकि उन्हें वाहनों के माध्यम से गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा सके श्री क्मार ने क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से अनुशासन और संयम बरतने की अपील की है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चौंतीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार तैंतीस हो गयी है कल जो नये मामले सामने आये उसमें मधेपुरा से सात सिवान और खगड़िया से पांच पांच सहरसा से तीन जमुई सुपौल किशनगंज मधुबनी और वैशाली से दो दो तथा पटना लखीसराय नवादा और भोजपुर से एक एक मामले शामिल हैं पटना में संक्रमितों की संख्या एक सौ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन मई के बाद प्रवासी बिहारियों के आने से संक्रमण के मामलों में तेजी आयी है तीन मई तक मात्र पांच सौ सोलह मरीज मिले थे और तेरह दिनों में इनकी संख्या बढ़कर एक हजार तैंतीस हो गयी है अब तक चार सौ अड़तीस मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जबकि सात की मौत हुयी है इधर पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के आठ हजार तीन सौ छियासी पंचायतों में से मात्र दो सौ साठ पंचायत ही कोरोना संक्रमण की चपेट में आये हैं संतानवे प्रतिशत पंचायत अभी संक्रमण से सुरक्षित हैं देश भर में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर इक्यासी हजार नौ सौ सत्तर हो गयी है इनमें से सत्ताईस हजार नौ सौ बीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो हजार छह सौ उनचास लोगों की मौत हुयी है नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी विभाग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया है कि वे नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की कडी तोडने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करे साउंड बाईट यह एव्सोल्यूटली जरूरी है कि सोशल डिस्टेन्सिंग को हम परफैक्ट करें और इसीलिये जो देशव्यापी लॉकडाउन हो रहे हैं उसी को संभव करने के लिये यह कोशिश करी जा रही है अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे अपने आप संयम बरतेंगे तो हम इस वायरस की ट्रांसमिशन चौन को तोड़ने में सफल होंगे असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के मद में अब तक किसानों के बीच एक सौ पचासी करोड़ रुपये कृषि इनपुट अनुदान का वितरण किया जा चुका है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने ये जानकारी दी

पहले यह तारीख पंद्रह मई तक निर्धारित थी उद्योग मंत्री श्याम रजक ने सभी जिला उद्योग महाप्रबंधकों से वैसे स्वदेशी उत्पादों की सूची तैयार करने को कहा है जिन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान श्री रजक ने जानकारी दी कि विभाग खादी और सिल्क के कपड़ों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिये मोबाइल एप विकसित करेगा उन्होंने अधिकारियों से प्रवासी कामगारों के कौशल सर्वे के अनुरूप उन्हें काम उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खूशी है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र के लिये घोषित आर्थिक पैकेज की खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है किसानों के लिये एक देश एक बाजार की नीति होगी दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी दी है बिहार में बनेगा मखाना कलस्टर अनाज आलू प्याज का स्टॉक भी नियंत्रण मुक्त प्रभात खबर ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह के हवाले से लिखा है लॉकडाउन पीरियड की बिजली बिल में मिल सकती है बीस से पच्चीस प्रतिशत तक की राहत राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार पार करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को प्रमुखता देते हुये लिखा है इस्लाम का हिस्सा नहीं है लाउडस्पीकर से अजान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा बिहार में बनेगा मखाना कलस्टर